च्नावी शोरगुल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए कल अट्ठारह नवंबर को शाम पांच बजे के बाद प्रचार थम जाएगा इसके बाद प्रत्याशी केवल व्यक्तिगत प्रचार और घर घर जनसंपर्क कर सकेंगे मतदान समाप्ति के अड़तालीस घंटे पहले से सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार प्रतिबंध रहेगा साथ ही प्रत्याशियों द्वारा मत याचना संबंधी विज्ञापन कल शाम पांच बजे तक ही प्रसारित किए जा सकेंगे अंतिम चरण की बहत्तर सीटों पर एक हजार उनयासी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक दूसरे चरण में एक करोड़ तिरपन लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इनमें सतहत्तर लाख छियालीस हजार प्रूष छिहत्तर लाख अड़तीस हजार महिला और नौ सौ चालीस तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं उल्लेखनीय है कि दूसरे चरण के लिए बीस नवंबर को मतदान होगा पहले और अंतिम दोनों चरणों के मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा एक साथ ग्यारह दिसंबर को होगी

इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं ले रहे हैं इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज पत्थलगांव शिवरीनारायण और धमतरी में चुनावी सभा ली श्री शाह ने पत्थलगांव में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने चार वर्षो में एक सौ उनतीस से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और हर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं इसके बाद श्री शाह राजधानी रायपुर के चार विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित रोड शो में भी शामिल हो रहे हैं वहीं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज चिरमिरी और सामरी सहित कई स्थानों पर आमसभाओं को संबोधित किया झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साजा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कवर्धा में रोड शो करने के बाद इंदौरी और लोहारा में सभा को संबोधित किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से भाजपा को विजयी बनाने की अपील की इसी तरह डॉक्टर सिंह ने कोरबा नवागढ़ और बलौदा में भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं लीं

उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार अमीरों की कठप्रतली बन गई है अब देश की जनता बदलाव चाह रही है श्री सिध्दू ने इसके बाद विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित किया इसी तरह कांग्रेस के वरेंष्ठ नेता राज बब्बर जैजैपुर विधानसभा के बिर्रा सहित अनेक स्थानों पर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज बेमेतरा जिले के नवागढ़ में बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा ली उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की एनडीए सरकार आरक्षण को जानबूझकर खत्म करना चाह रही है उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दूर्ग जिले के वैशाली नगर में सभा को संबोधित किया उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी तरक्की हुई है कि किसान के पास खेत ही नहीं बचा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल महासमूद जिले के बेमचाभाटा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उनकी सभा सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे से शुरू होगी श्री मोदी के साथ मंच पर महासमुद जिले के आसपॉस के नौ निर्वाचन क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे दूसरी ओर कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाएं लेंगे अजीत जोगी पत्रकारवार्ता पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अजीत जोगी ने इस बात का पुरजोर तरीर्क से खंडन किया है कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह का गठबंधन करेगी आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री जोगी ने कुछ अखबारों में छपी इस तरह की खबरों को निराधार और भ्रामक बताते हुए कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस तरह की बातों को फैला रहे हैं

गौरतलब है कि अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है कार्यकर्ता इस्तीफा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही राजनीतिक उठा पठक तेज हो गई है विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक गुलाब सिंह जनता कांग्रेस छत्तीसंगढ़ से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जग्गी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है सुब्रत साहू दौरा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज जिला मुख्यालय गरियाबंद में अधिकारियों की बैठक लेकर दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने दो मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए श्री साह् ने पोस्टल बैलेट मतदाता पर्ची वितरण सी विजिल ऐप के शिकायतों के निराकरण और दिव्यांगों की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली इस मौके पर डीआईजी नक्सल ऑपरेशन पी सुंदरराज ने माओवाद प्रभावित अंतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों में मतदान के दौरान अधिकारियों को विशेष रूप से सावधानी बरतने के निर्देश दिए तबादला भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव और आयुक्त राजेश सुकमार टोप्पो को हटाते हुए उन्हें मंत्रालय में अटैच कर दिया है उनके स्थान पर विशेष सचिव अन्बलगन पी को जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव और आयुक्त का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है श्री अन्बलगन के पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विशेष सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित रायपुर के प्रबंध संचालक का प्रभार भी यथावत् रहेगा उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद चुनाव आयोग से श्री टोप्पो को हटाने की मांग की थी तबादला आदेश के बाद श्री टोप्पो ने अपने सहयोगियों के नाम एक संदेश भेजकर अपनी बात भी रखी है जिले की चिट्ठी आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा